उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत आज मुंबई में कई बैठकें करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे वे आज मीरा भयन्दर के उम्मीदवार के लिए सार्वजनिक सम्पर्क अभियान में भाग लेंगे और बाद में धारावी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए सार्वजनिक बैठक को सम्बोधित करेंगे रात में वह कोलाबा मालाबार हिल और मुम्बा देवी निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए संयुक्त सार्वजनिक बैठक करेंगे

पिछले महीने पीएमसी बैंक पर सख्ती के बाद रिजर्व बैंक ने तीसरी बार यह सीमा बढाई है

यह कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक से किए गए आग्रह के बाद उठाया गया है बैंक के जमाकर्ताओं ने मुम्बई में वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया था

हाउसिंग डवलेपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड की चार हजार तीन सौ पचपन करोड़ रूपये के ऋण को चुकाने में विफल होने के बाद यह बैंक नियामक रडार पर आ गया था

पाकिस्तानी सीमा से सटे पांच एयरबेस को हाईरिस्क जोने में डाला गया है अब उत्तरलाई जैसलमेर नाल सूरतगढ के फोरवड तथा जोधपुर के प्रीमियर और बैकअप एयरबेस की सुरक्षा पठानकोट एयरबेस की तरह अभेद्य रहेगी

पांच दिन पहले सुखेर के पास जीएसएस निर्माण कार्य स्थल से तार चोरी हुए थे इस पर कन्स्ट्रक्शन फर्म ने चोरी का मामला दर्ज कराया था